उन्हें गुर्दे की बीमारी थी हालत गंभीर होने पर उन्हें मंगलवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था श्री चटर्जी को कल दिल का हल्का दौरा पड़ने पर वेंटीलेटर पर रखा गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्री चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है

श्री सिंह ने अपनेसंवेदना संदेश में कहा कि श्री चटर्जी मिलनसार और ईमानदारी के पथ पर चलने वाले कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे श्रीमती राजे ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि सोमनाथ चटर्जी जमीन से जुड़े जननेता थे उन्होंने अपने दीर्घ अनुभव और व्यापक संसदीय ज्ञान से भारतीय संसदीय लोकतंत्र की और अधिक सशक्त किया

इस मौके पर बडी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और युवा मौजूद थे

राजस्थान राज्य सड़क निधि बोर्डे की बैठक में मंजूरी दी गई सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनूस खान ने बताया कि बाकी क्षतिग्रस्त राज्य राजमार्ग एमडीआर और अन्य सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर एक सप्ताह में निविदाएं जारी कर दी जाएंगी

सीमा सुरक्षा बल और राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले संभवत देश के इस पहले अनूठे कार्यक्रम के तहत राजस्थान के बाडमेर जैसलमेर बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से लगती भारत पाक सीमा पर करीब पांच लाख लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे

सप्तशक्ति कमान की ओर से आयोजित इस कार्यकम का उद्देश्य युवाओं को सेना के बारे में जानकारी देना था रक्षा प्रवक्ता सम्बित घोष ने आकाशवाणी को बताया कि इसके जरिये सेना के हथियारों और विभिन्न रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया

इन दुकानों पर लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध होने लगी हैं ड्रंगरपुर जिले के जनजातीय लोगों को इस योजना से काफी मदद मिली है